केंद्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयाजित बैठक में यह फैसला लिया गया इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफत टीके लगाए जाएंगे

वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों और खुले बाजारों उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे

इस दौरान स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी अवकाश रहेगा कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया साथ ही बैठक में फील्ड के क्रियाशील स्टाफ के स्थानांतरणों पर पुर्ण प्रतिबन्ध का भी फैसला लिया है

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड के बढते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने पर विशेषतौर पर ध्यान दिया जाए

अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अब एक मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों को भी अवकाश पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में शिक्षण संस्थानों में एक मई तक छट्टिटयां फील्ड स्टाफ के तबादलों पर रोक दिव्य हिमाचल का शीर्षक है फील्ड स्टाफ कर्मचारियों के तबादलों पर सख्त प्रतिबंध दैनिक जागरण का कहना है टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अवकाश दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है प्रदेश में एक मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान अध्यापक रहेंगे छटटी पर दैनिक सवेरा टाइम्स और अजीत समाचार का एक जैसा शीर्षक है हिमाचल में एक मई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान हिमाचल दस्तक के मुताबिक स्कूल कालेज बंद बंदिशों पर कैबिनेट में होगा फैसला

दैनिक भास्कर ने खबर दी है आईआईटी मंडी ने बनाया एंटी बैक्टीरियल मास्क फैब्रिक जो खुद करेगा अपनी सफाई तेज धूप में रखने से खत्म हो जाएंग इसके वायरस वहीं अमर उजाला लिखता है अब कपड़ों की तरह बार बार पहनी जा सकेगी एक ही पीपीई किट आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं को मिली सफलता इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट का नोटिस आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में सात ऑक्सीन प्लांट होंगे स्थापित

इसी के साथ ये समाचार ब्लेटिन समाप्त हुआ नमस्कार